महासमुंद जिले में उज्जवला योजना के रसोई गैस सिलेंडर वितरण गड़बड़ी मामले में तीन आरोपी ने गिरफ्तार बाईस सौ पचपन कार्ड और पंद्रह सौ चौंतीस सिलेंडर जब्त

कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित तेईस और नए मरीजों की पुष्टि हुई है बलौदाबाजार से चौदह रायपुर से चार कोरबा से तीन और सूरजपुर तथा कांकेर जिले से एक एक मरीज मिले हैं इसी तरह कल प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक सौ सत्ताईस मरीजों की पहचान की गई थी प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब नौ सौ तेईस हो गई है वहीं फिलहाल छह सौ सत्तर मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है बलौदाबाजार जिले में चौदह मरीज मिलने के बाद संबंधित इलाकों को सील कर दिया गया है साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है इसी तरह कोरबा जिले में भी तीन और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं ये तीनों प्रवासी मजदूर हैं और इन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था इसी तरह रायपुर जिले में आज चार मरीज मिले हैं वहीं रायपुर के मंदिर हसौद थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के कल कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को सील कर दिया गया है साथ ही थानेदार सहित पूरे स्टाफ को भी परिसर में बने एक मकान में क्वारेंटाइन किया गया है सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में भी कल पांच कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब चौदह हो गई है इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले में कल आठ नए मरीज मिले थे वहीं बालोद जिले में भी कल देर रात चार नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है इसके बाद प्रशासन ने संबंधित ग्राम झोपरा और बोहारडीह को सील कर दिया है कोरोना मौत इस बीच प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित दो और मरीजों की मौत हो गई जगदलपुर की कोरोना संक्रमित युवती की बीती रात उपचार के दौरान एम्स रायपुर में मौत हो गई यह युवती पहले ही ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं वहीं एम्स रायपुर में ही एक युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया युवक को एड्स पीड़ित होना भी बताया जा रहा है इसके पहले प्रदेश में दो और कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो चुकी है मुख्यमंत्री क्वारेंटाइन सेंटर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्वारेंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ और किसी चीज की कमी न हो उन्होंने कहा कि बाहर से आए ऐसे लोग जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं और अपने आने की सूचना प्रशासन को नहीं दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी श्री बघेल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों कलेक्टरों और सरपंचों से बातचीत की इस दौरान उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की जानकारी लेने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और उनसे सुझाव भी मांगे मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में रोकना और उनके स्वास्थ्य की लगातार जांच तथा इलाज की व्यवस्था आवश्यक है उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटर में रूके लोगों से कहा कि वे बाहर जो काम करते थे उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें ताकि उन्हें प्रदेश में ही उनके कौशल के अनुसार काम दिलाया जा सके इस बीच सभी क्वारेंटाइन सेंटरों में गर्भवती महिलाओं बच्चों और वृद्धजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए बिलासपुर जिले के ग्राम केसला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अलग से क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है यह प्रदेश का पहला ऐसा क्वारेंटाइन सेंटर है जिसमें सिर्फ गर्भवती महिलाओं को रखा गया है ताकि उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके वहीं महासमुंद जिले के सरायपाली और बसना में भी गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है विष्णु देव साय पदभार ग्रहण भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह दायित्व एक बड़ी चुनौती है जब वे इससे पहले दो बार अध्यक्ष बने थे तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी लेकिन अब पार्टी विपक्ष में है श्री साय ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनौतियों का सामना करेंगे श्री साय ने तीसरी बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि भाजपा गांव गरीब और किसान की पार्टी है जब जब भाजपा को सरकार में रहने का मौका मिला है गांव गरीब और किसान ही प्राथमिकता में रहे हैं उन्होंने दावा किया कि दो हजार तेईस के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और अगले चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी श्री साय ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ना तो शराबबंदी की और ना ही किसानों का पूरा कर्ज माफ किया भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपनी इस विफलता को स्वीकार करना चाहिए श्री शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रदेश के जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है श्रमिक वापसी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग दो लाख तिरसठ हजार श्रमिकों सहित अन्य लोग सकुशल वापस लौट चुके हैं श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बताया कि अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित छत्तीसगढ़ वापस लाया जा रहा है ट्रेनों और बसों के लिए लगभग चार करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है प्रदेश में मनरेगा के तहत पंजीकृत और प्रवासी श्रमिकों सहित वर्तमान में लगभग तेईस लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल रहा है

इसके तहत प्रदेश में भी आठ जून से धार्मिक स्थलों के साथ ही होटल रेस्टॉरेंट और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे इस दौरान धार्मिक स्थलों में संक्रमण से बचने के लिए धर्मगुरूओं और श्रद्धालुओं को कई प्रकार के उपाय करने होंगे राजनांदगांव जिले में धार्मिक स्थलों के अलावा शॉपिंग मॉल और होटल रेस्टॉरेंट में लोगों को मास्क लगाकर जाना पड़ेगा तथा एंट्री से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी वहीं राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित दो नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने अनलॉक वन के दौरान छूट की समय सीमा में कटौती कर दी है अब दुकानें सुबह सात से शाम पांच बजे तक ही खोली जा सकेंगी इधर महासमुद जिले के सरायपाली विकासखंड के कलेंडा स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में पहुंचकर जबरन प्रवेश करने के मामले में पूर्व विधायक सहित बारह लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्द किया है उधर जगदलपुर के क्वारेंटाइन सेंटर में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को रेडी दू ईंट का वितरण किया जा रहा है कल क्वारेंटाइन सेंटर में लोगों को रेडी दू ईंट के साथ अण्डा का भी वितरण किया गया वहीं दुर्ग जिले में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस परिसर स्थित विशेषीकृत कोविड अस्पताल में एक सौ पंद्रह मरीजों के इलाज की सुविधा है इस अस्पताल में फिलहाल पैंतालीस मरीजों का इलाज चल रहा है एम्स मिनी आईसीयु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर ने रोगियों के लिए एक नई तरह की एंबुलेंस तैयार की है जो चलती फिरती मिनी आईसीयू के समान कार्य करेगी इसमें गंभीर और दुर्घटनाग्रस्त रोगियों के जीवन रक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इसमें ट्रांसपोर्ट वेंटीलेटर और डिजिटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम शामिल होगा साथ ही इसमें जीपीएस भी लगा है जिससे पल पल इसके परिवहन पर नजर रखी जा सकेगी नई एंबुलेंस को नेशनल एंबुलेंस कोड के मुताबिक तैयार किया गया है एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने इस एंबुलेंस सेवा का लोकार्पण किया उन्होंने बताया कि इस एंबुलेंस में आईसीयू के समान पूरा सेटअप प्रदान किया गया है नई एंबुलेंस में गंभीर या दुर्घटनाग्रस्त रोगी को घटनास्थल से अस्पताल तक पहुंचाने के दौरान दी जाने वाली आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं इसे नौ घंटे तक नियमित रूप से प्रयोग किया जा सकता है जिसके लिए इसमें इंवर्टर और बैटरी की सुविधा भी दी गई है दस्तावेज पंजीयन अपॉइमेंट कोरोना संक्रमण से बचाव और लोगों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अपॉइमेंट व्यवस्था लागू रहेगी दस्तावेजों के पंजीयन की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर राज्य शासन ने आज से प्रत्येक आधे घंटे की अवधि में तीन पक्षकारों को अपॉइमेंट दिए जाने की व्यवस्था लागू की है इससे पहले प्रत्येक आधे घंटे में मात्र दो पक्षकारों को ही दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अपॉइमेंट दिया जा रहा था छह जून या इसके बाद की तिथि में दस्तावेज पंजीयन के लिए यदि किसी पक्षकार द्वारा अपॉइमेंट लिया गया है तो वह निरस्त माना जाएगा पंजीयन विभाग द्वारा छह जून के बाद की तिथि के लिए अपॉइमेंट प्राप्त करने वाले सभी पक्षकारों को एसएमएस भेजकर उनसे नई व्यवस्था के तहत अपॉइमेंट प्राप्त करने के लिए सूचित किया जाएगा उज्जवला योजना गड़बड़ी महासमुंद जिले के सरायपाली और बसना क्षेत्र में उज्जवला योजना के अंतर्गत रसोई गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है आरोपियों के पास से दो हजार दो सौ पचपन गैस कनेक्शन कार्ड बरामद किए गए हैं साथ ही एक हजार तीन सौ पचहत्तर खाली और एक सौ उनसठ भरे हुए सिलेंडर तथा चार मालवाहक वाहन जब्त किए गए हैं

इन दोनों माओवादी के खिलाफ कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप और सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया इनमें से पुरूष माओवादी पर पांच लाख रूपये और महिला माओवादी पर दो लाख रूपये का इनाम घोषित था वहीं जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान के चिल्कापल्ली के जंगल से इस माओवादी को पकड़ा इस बीच सुकमा पुलिस ने माओवादियों को कारतूस पहुंचाने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनमें दुर्गकोंदल के दो धमतरी और गुण्डरदेही के एक एक आरोपी शामिल हैं इनके पास से बड़ी मात्रा में कारतूस और माओवादी सामग्री बरामद की गई है राम वनगमन प्रदेश के सभी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के पर्यटन और धार्मिक स्थलों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाएगी पर्यटन और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साह ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के पहले चरण के लिए चयनित चंदखुरी के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के दौरान यह बात कही उन्होंने जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रखकर पर्यटन और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए ड्राईग डिजाइन तैयार करने को कहा श्री साहू ने कहा कि चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर और तालाबों तथा घाटों की नैसर्गिक सुंदरता को ध्यान में रखकर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए उन्होंने मंदिर परिसर में चारों तरफ औषधीय और फलदार पौधे लगाने घाट के आसपास समतलीकरण और मंदिर परिसर के पुल का चौड़ीकरण करने के भी निर्देश दिए उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकसित करने के लिए नौ स्थलों का चयन कर करीब एक सौ सैंतीस करोड़ रूपये की कार्ययोजना बनाई गई है चयनित स्थलों को केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्व स्तरीय अधोसंरचनाएं विकसित करने का प्रावधान है मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक निसर्ग चक्रवात का अवशेष ऊपरी हवा के चक्रवर्ती घेरा के रूप में बिहार और उससे लगे उत्तरप्रदेश के ऊपर शून्य दशमलव नौ किलोमीटर ऊंचाई तक है ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा विदर्भ और उसके आसपास स्थित है इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है वहीं प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है अस्थि विसर्जन लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव जिले में मृत तीन लोगों की अस्थियों को प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में विसर्जित कर दिया गया है जिले से बीते दो जुन को अस्थि विसर्जन यात्रा प्रारंभ हई जो तीन जून को प्रयागराज पहुंची जहां त्रिवेणी संगम में पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन किया गया संक्षिप्त समाचार भाजपा के सभी प्रदेश प्रवक्ता और पैनलिस्ट कोरोना संक्रमण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने निवास स्थान से ही डिबेट में हिस्सा लेंगे कांकेर जिले के पखांजूर में पदस्थ बीएसएफ की एक सौ संतानवीं बटालियन के एक प्रधान आरक्षक ने आज खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित एक गोदाम से पुलिस ने करीब पचास लाख रूपये कीमत का गुटखा और गुड़ाखू जब्त किया है जांजगीर चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र के ग्राम पेरथा स्थित क्वारेंटाइन सेंटर से तीन मजदूर भाग गए पुलिस ने मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है दुर्ग जिले के हथखोज स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई कोरबा स्थित कन्वेयर बेल्ट में आज दोपहर आग लगने से कोरबा पश्चिम के विद्युत संयंत्र में कोयले की आपूर्ति बाधित हुई है